हरियाणा सरकार ने राज्य में दो ग्रामीण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग समूहों में उद्योगों के लिए अत्याधुनिक संयुक्त सुविधा केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी दी

केन्द्र सरकार ने राश्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोशणा की हरियाणा के खिलाड़ी भी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं

भारत ने एक ही दिन में दस लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच कर मिसाल कायम की है

उन्होंने कहा कि संयुक्त सुविधा केन्द्रों को स्थापना आगामी छह महीनों में कर दी जायेगी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी स्थापना से ओचौगिक इकाइयां नई ओद्यौगिक तकनीकों से लाभान्वित होंगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे इससे हजारों सूक्षम इकाइयों को व्यापार की गुणवत्ता बढाने और उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी

गांव बब्याल को गांव चंदपुरा से जोडने वाले पहुंच मार्ग पर टांगरी नदी का पुल निर्माणाधीन है

ई ऑफिस की पहल से न केवल कागज की बचत होगी बल्कि पर्यावरण भी सुधरेगा और सभी आधिकारिक रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे

इस से पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है

केन्द्र सरकार ने आज इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है किकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल एवं पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जायेगा

इनमें मुक्केबाज सुबेदार मनीष कौशिक और लवलीना बुरगोहेन किकेट खिलाड़ी इशांत शर्मा और दिप्ती शर्मा हॉकी खिलाड़ी ऑकाशदीप सिंह और दीपिका कबड्डी खिलाड़ी दीपक पैरा एथलीट संदीप और पैरा शूटर मनीष नरवाल शामिल हैं आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए प्रशिक्षकों में मुक्केबाज प्रशिक्षक शिव सिंह कबड़डी प्रशिक्षक कृष्ण कुमार हुड़्डा हॉर्को प्रशिक्षक रोमेश पठानिया टेनिस प्रशिक्षक नरेश कुमार और कुश्ती प्रशिक्षक ओम प्रकाष दहिया का नाम शामिल है

पंजाब विश्वविद्यालनय को अंतर विश्वविद्यालय ट्र्नामेंट में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी से नवाजा जायेगा

उन्होंने दकहा कि खिलाड़ियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल विभाग की मांग पर इस योजना को स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि बकाया राश्जि उन्हें ओलंपिक खेलने के बाद उपलब्ध करवाई जायेगी हरियाणा में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है कोरोना महामारी के चलते सभी सावधानियों का ख्याल रखा जा रहा है